उन्होंने श्री बाइडेन को सफल कार्यकाल के लिये श्भकामनाएं दीं दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर बातचीत की उन्होंने जलवाय् परिवर्तन का सामना करने के लिए सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे और राष्ट्रपति बाइडेन नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति और स्रक्षा बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी स्ट्ट करने को तत्पर हैं

वे जंग मे कल म्क्तो निर्वाचन क्षेत्र के विकासात्मक बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय लिडरो और पंचायत सदस्यो दवारा तवांग में प्रस्तावित विद्यूत परियोजना की अबतक श्रुआत नही किए जाने पर उठाए प्रश्न का जवाब देते हए यह बात कही उन्होंने इस दौरान कहा की राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा की ग्णवत्ता के लिए अनेक विद्यालयो को मिलाकर एक विद्यालय करने पर जोर दिया ताकि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो श्री खांडू ने स्कूल प्रबंधन समिति की सक्रिय भ्मिका पर भी जोर दिया

प्रदेश के य्वाओ में खेल के प्रति बड़ी संभावना को देखते हए राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में स्पोर्टिंग इवेंट के लिए आधार भूत संरचना को बढ़ाने को कहा उन्होंने चयनित मशहर खेलो के तरक्की के लिए हर जिले में केंद्रीय खेल प्रचार दल के दौरे का सुझाव दिया राज्यपाल ने इस दौरान कहा की युवा मामला और खेल मंत्रालय को महिलाओ के खेलों के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें मंच प्रदान करना चाहिए ताकि भविष्य में महिला खिलाड़ियो को एक्सपोजर मिले

म्ख्य सचिव ने मादक पदार्थो से सबसे अधिक प्रभावित देश के दो सौ बहत्तर जिलों में राज्य के आठ जिला नामसाई लोहित दिबांग वैली अपर सियांग अंजाव चांगलांग तिराप और वेस्ट कामेंग जिले के शामिल होने पर चिंता जताते हए इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया बैठक में मादक पदार्थो के द्रुपयोग में कई सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल होने की रिपोर्ट के मद्देनजर सबसे अधिक प्रभावित जिलों में टाक्सिकोलोजी टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया मुख्य सचिव ने कहा कि मादक पदार्थो से जुड़ी गतिविधियों में किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिप्त पाये जाने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने अधिकारियो को अफीम या गांजा की गैर कानूनी खेती को नष्ट करने का निर्देश दिया बैठक के दैरान राज्य के सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री स्क्लों के पाठ्यक्रम में मादक पदार्थो के द्रुपयोग को शामिल करने महिलाओ और पंचायत सदस्यों को नशा विरोधी अभियान में शामिल करने पर जोर दिया गया

आज लोवर स्बनसिरी जिले के राजकीय विद्यालय याजाली में स्थानीय स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए मास्क छात्रों को वितरित करते हए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों और छात्रवास ख्ल गए है